प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदो ने कहा है कि जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर छागवा लुंगू की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच लम्बे समय से चले आ रहे रिश्ते और मज़बूत होंगे नई दिल्ली में जाम्बिया के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन खाद्य प्रसंस्करण खनन और कृषि के क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे बाइट मुझे ये सूचित करते हुए खूशी हो रही है कि भारत सरकार जाम्बिया में एक इनक्यूबेशन सेंटर को स्थापित करने में सहयोग करेगी

श्री मोदी ने कहा कि जाम्बिया के राष्ट्रपति लुंगू की इस यात्रा से जाम्बिया भारत के आपसी सहयोग को और मजबूती मिलेगी बाइट प्रजिडेंट लुंगू और मैंने अपने संबंधों के सभी पहलुओं पर उपयोगी चर्चा की है हम इस बात पर सहमत हैं कि ट्रेड बॉस्केट में विविधता और निवेश संबंधों को और आगे बढ़ाने से दोनों देशों को लाभ होगा राष्ट्रपति लुंगू ने भारत के साथ संबंधों को विस्तार देने के लिये जाम्बिया सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई उन्होंने कहा कि श्री मोदी के साथ उनकी बातचीत रचनात्मक रही उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की और कंपनियां जाम्बिया में निवेश करेंगी भारत और जाम्बिया ने खनिज ससाधनों रक्षा कला और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रो के छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये रक्षा सहयोग के समझौता ज्ञापन को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा डिफेंस कार्पोरेशन पर आज एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं यह रक्षा के क्षेत्र में एक्वेंजिस को बढ़ायेगा और डिफेंस कार्पोरेशन को और मजबूत करेगा जाम्बिया आर्म्स फोर्सिस की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता के लिए इंडियन मिलिट्री और एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम जाम्बिया में तैनात की जायेगी

इससे पहले दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमण्डल स्तर की वार्ता के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की राष्ट्रपति लंगू तीन दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने राजभवन में आयोजित समारोह में नये मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई श्री योगी ने मार्च दो हजार सत्रह में मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर संभालो थी उसके बाद मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार है इस विस्तार में दो महिलाओं सहित तेईस मंत्री शामिल किये गये हैं

आज जिन नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनमें दो महिलाएं शामिल हैं चार मंत्रियों की कैबिनेट मंत्री को रूप में प्रोन्नति हुई जिनको प्रोन्नत किया गया है वह है डॉक्टर महेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह चौधरी सुरेश राणा और अनिल राजभर नील कंठ तिवारी को राज्यमंत्री स्वतंत प्रभार के रूप में प्रोन्नत किया गया

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में समाज के सभी वर्गो और क्षेत्रों को तरजीह दी है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मंत्रिमंडल में जिन अन्य लोगों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शामिल किया गया है उनमें कपिल देव अग्रवाल सतीश द्विवेदी अशोक कटारिया श्रीराम चौहान और रवीन्द्र जायसवाल शामिल हैं जबकि राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में अनिल शर्मा महेश गुप्ता आनन्द स्वरूप शुक्ल विजय कश्यप गिरिराज सिंह धर्मेश लाखन सिंह राजपूत नीलिमा कटियार चौधरी उदयभान सिंह चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय रमाशंकर सिंह पटेल और अजीत सिंह पाल शामिल हैं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

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं और कर प्रशासकों के बीच विश्वास बनाने पर बल दिया है श्रीमती सीतारमण कल शाम वाराणसी में कर अधिकारियों और करदाताओं के एक कार्यक्रम में बोल रही थी उन्होंने कहा कि करदाताओं का भरोसा हासिल करना बहुत जरूरी है उनसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिये वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है जिससे करदाताओं को प्रत्यक्ष फायदा हो रहा है आध्निक तकनीक के जरिये करदाता देश के किसी भी हिस्से में बैठ कर टैक्स जमा कर सकते हैं श्रीमती सीतारमण ने कहा कि करदाताओं को ईमानदारी से टैक्स अदा करने के लिये प्रेरित करना चाहिये

बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने देश में किसी भी तरह की मंदी का खंडन करते हुए कहा कि पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है तथा दूसरे देशों की तुलना में भारत में मंदी का असर नाम मात्र पड़ेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को बाल श्रम के अभिशाप से मुक्त कराने के लिये पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों से सहयोग मांगा है श्री योगी ने इस सिलसिले में इन सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर कहा ह कि वह विभिन्न तरह के कामों में लगे बाल श्रमिकों की पहचान कर उन्हें उनक कार्यस्थलों से मुक्त कराने में अपना सहयोग दे उन्होंने जनप्रतिनिधियों का आहवान किया है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से संचालित योजनाओं का लाभ इन बाल श्रमिकों को जरूर दिलायें प्रदेश के विधि और न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के चहुँमुखी विकास के प्रति संवेदनशील है और इस दिशा में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं कल शाम लखनऊ में वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा नारी सशक्तिकरण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए श्री पाठक ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम महिलाओं तक पहुंचाने और उन्हें सशक्त बनाने में स्वैच्छिक संस्थाएं अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले माह पहली से तीस सितम्बर तक प्रदेश के सभी जनपदों में जिला उद्यमी समागम का आयोजन किया जायेगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में बताया कि इस समागम में पारम्परिक कारीगरों और उद्यमियों को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया जायेगा उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है लिहाजा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिये उन्होंने कहा कि ज़िलों में प्रसिद्ध द्वितीय प्रोडेक्ट को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का आज सुबह भोपाल में निधन हो गया नवासी वर्षीय श्री गौर का जन्म उन्नीस सौ तीस में प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरूआत भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य के रूप में की थी श्री गौर ने गोवा मुक्ति आन्दोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री गौर के निधन पर गहरा दुःख जाहिर किया है शोक संदेश में श्री योगी ने कहा कि श्री गौर अनुभवी राजनेता थे उन्होंने हमेशा अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निवर्हन किया मेरठ पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम न ज़िले के परतापूर में दो गोदामों पर छापा मार कर नकली पेट्रोल बनाने के कारोबार का पर्दाफाश किया है इस संबंध में नौ लोगों को गिरफ़्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है छापे को दौरान पुलिस टीम ने मौके से नक़ली पेट्रोल बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल और अन्य सामगो भारी मात्रा में बरामद की है पुलिस टीम ने दस हजार लीटर नकली पेट्रोल के अलावा पेट्रोल आपूर्ति करने वाले टैंकर को भी कब्ज में ले लिया है पुलिस अधीक्षक देहात अविनाश पाण्डेय ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह मिठाई में इस्तेमाल होने वाले एक ख़ास रंग को थिनर केमिकल में मिलाकर पेट्रोल तैयार करते थे और उन्हें पेट्रोल पम्पों को सप्लाई किया जाता था